अनेक लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई

भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अजेय भाजपा का नया मंत्र दिया और दो हजार उन्नीस में पहले से अधिक बहुमत से सत्ता में आने का संकल्प व्यक्त किया बैठक में लोकसभा और कुछ राज्यों में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक चुनाव फिलहाल टाल दिये गये हैं पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा दो हजार उन्नीस का चुनाव अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ेगी इसके अलावा चूनावी रणनीति संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा पार्टी के विस्तार और केन्द्र सरकार की विकासमूलक तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन पर विचार किया गया डाक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अभित शाह के अलावा संगठन महामंत्री रामलाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव संगठन से जुड़े पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन महामंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य भाग ले रहे हैं श्री शाह ने संगठन को मजबूत बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओ के कियान्वयन में तेजी लाने और उनका प्रचार प्रसार निचले स्तर तक करने का संदेश दिया साथ ही उन्होंने चुनाव की तैयारी ब्रथस्तर तक करने का भी संदेश दिया बैठक में दक्षिण के राज्यों पार्टी संगठन के विस्तार पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ की स्थिति तथा कुछ स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बारे में भी चर्चा की गई मोबेलिटी सम्मेलन केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि भारत स्वच्छ और हरित ईंधन अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है आज नई दिल्ली में विश्व मोबेलिटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि विश्व मोबिलिटी की दिश में आगे बढ़ रहा है ऐसे में परिवहन के ॅस्वच्छ और किफायती समाधानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि भारत में यातायात का प्रमुख साधन सार्वजनिक परिवहन ही होगा उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजली से चलने वाले वाहन ज्यादा किफायती होंगे और तेल की खपत कम करने में सर्वाधिक सहायक साबित होंगे नेशनल लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश भर में उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों तालुका श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई लोक अदालत में लम्बित प्रकरणों बैंक रिकवरी मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण श्रम विवाद विद्युत एवं जल कर वैवाहिक भूमि अधिग्रहण राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई हुई होशंगाबाद जिले में तीन हजार आठ सौ सतहत्तर मामलों की सुनवाई हुई इसके लिए जिले में चौबीस न्यायिक तथा सात गैर न्यायिक खण्डपीठ बनाई गई थी

न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का समाधान आपसी सहमति से कराने के इच्छुक पक्षकार न्यायालय अथवा सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखा जिला कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष और स्थानीय सांसद सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर जिला कोर्ट के नए भवन का भूमिपूजन किया चार सौ ग्यारह करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस नए भवन को पिपलियाहाना तालाब के पास बनाया जाएगा कार्यकम में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन ने कहा कि बदलते परिवेश में एक नये न्यायिक भवन की अवश्यकता महसूस की जा रही थी जो आज पूरी हो रही है कार्यकम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि आज न्यायालयों में जितने पद स्वीकृत हैं उन सभी को स्थान की कमी के चलते पदस्थ नहीं किया जा सकता है इस मौके पर प्रदेश के विधि एवं न्याय और लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह और प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता उपस्थित थे शहीद दर्जा ड़यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मुरैना के डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कृशवाह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि शहीद के परिजनो को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जायेगी और उनके नाम पर सड़क चौराहे या भवन का नाम रखा जायेगा वहीं इस मामले में आज ट्रैक्टर चालक सहित चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया

जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन दल कार्य करेंगे और एक दल को रिजर्व रखा जायेगा सातो विधानसभा क्षेत्रों में ये दल रिटर्निंग आफीसर की निगरानी में कार्य करेंगे ग्राउण्ड रिपोर्ट ई रिक्शा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोगों को मिलने लगा है नीमच में योजना के तहत चलाई जा रही ई रिक्शा से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है बल्कि इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं नीमच से हितग्राही प्रकाश प्रजापति ने बताया कि कैसे ई रिक्शा के जरिए ननकी जिंदगी बेहतर हुई

इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए इस मौके पर युवाओं को प्रदेश और मोपाल स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी दी गई वहीं छतरपुर जिले के खजुराहो मे सिटी वाक फेस्टिवल कल आयोजित किया जायेगा पोषण माह राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये कटनी जिले में पोषण त्यौहार पर कार्यशाला आयोजित की गई गुना में किशोरियों में खून की कमी की समस्या से परिचित कराने के लिए किशोरी मेले का आयोजन किया गया मेले में आसपास के स्कूलों की छात्राओं ने भाग लिया इस दौरान उन्हें एनीमिया और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई तथा ढाई सौ छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई मौसम कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश भर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है

वहीं श्योपुर जिले में भारी बारिश के कारण जिले का प्रदेश के अन्य जिलों और राजस्थान से संपर्क टेट गया है तेज बहाव के चलते एक बच्चा नाले में बह गया

राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में कल से ही रुक रुककर बारिश का दौर जारी है